उन्होंने कहा कि भारत किसी आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाता श्री मोदी आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जुगनॉथ के साथ पोर्ट लुइस में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मॉरीशस के सुप्रीम कोर्ट के नये भवन के संयुक्त रूप से उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे श्री मोदी ने मॉरीशस के साथ भारत की विशेष मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी जड़ें हमारे सांस्कृतिक संबंधों के रूप में बहुत गहरे समाई हुई हैं उन्होंने कहा कि विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केन्द्रित हैं और वह अपने सभी साथी देशों को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के पीछे कोई आर्थिक बाध्यताएं नहीं हैं बल्कि ये आपसी विकास और सम्मान की भावना पर आधारित हैं मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जुगनॉथ ने सुप्रीम कोर्ट के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत ने मारीशस के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरीशस संबंधों में और मजबूती आयी है और ये नये स्तर पर पहुंचे हैं

मुख्यमंत्री ने एसजीपीजीआई के निदेशक को कानपुर वाराणसी बरेली प्रयागराज झांसी और गोरखपुर के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजने के निदेश दिये मुख्यमंत्री ने कॉटैक्ट ट्रेसिंग डोर टू डोर सर्वे और कोविड संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षणों वाले व्यक्तियों के एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था का प्रभावी संचालन जारी रखने के भी निर्देश दिये

संस्कृति विभाग पर्यटन विभाग और बाकी सारे विभाग इसमें मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे पहले तो यह काफी विस्तृत प्रोग्राम हो सकता था पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के इनांस को फालो किये जा रहे हैं प्रोग्राम को संक्षिप्त किया गया है

कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्युदर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं

करीब चौदह हजार समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं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

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेन्मेंट जोन से बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने के लिए नये दिशा निर्देश कल जारी किये हैं

नए दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है अगले महीने की पांच तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है हालांकि इन दोनों जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक एसआपी जारी करेगा

वंदे भारत मिशन के तहत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है मेट्रो रेल सिनेमा घर स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क और बार को खोलने को अनुमति नहीं होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत घोषित किये गये बीस लाख करोड़ रूपये के विशेष पैकेज का हर क्षेत्र में लाभ मिल रहा है प्रतापगढ़ जनपद में महिलाएं इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षणा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही है यहां मशरूम की खेती करके महिलाएं लाभ कमाने की ओर अग्रसर है एक रिपोर्ट र्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका से जुड़ी समूह की महिलाएं विकास की नयी इबारत लिख रही हैं एक और जहां वह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना व समूह से जुड़ कर गरीबी को मात दे रही हैं वहीं दूसरी ओर वह गांव व आसपास की महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं

केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सहायता से हमने कई कुटीर उद्योग शुरू किए हैं जिनसे हम महिलाओं को आय भी हो रही है अब मशरूम की खेती के लिए सरकारी सहायता मिलने जा रही है इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया अदा करती हू

समाप्त